प्रधानमंत्री कल सोनीपत जिले के सूक्ष्म लघ् और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों से रूबरू होंगे

ऑनलाइन भी खरीददारी की जा सकेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में सूक्ष्म लघ् और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को समर्थन और आउट रीच कार्यक्रम शुरू करेंगे

केन्द्रीय मंत्रियों दवारा एमएसएमई क्षेत्र को ओर बढ़ावा देने के लिए जिलों के दौरे किये जाने की संभावना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न जिलों के सुक्ष्म लघ् और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों से रूबरू होने के कल श्रू होने वाले कार्यक्रम में सोनीपत जिले को भी शामिल किया गया है ये कार्यक्रम दीनबंध् छोट् राम विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विश्वविदयालय मुरथल के मुख्य सभागार में कल दोपहर श्रू होगा जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री विजय गोयल शिरकत करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों के लिये दस लाख की बीमा पोलिसी शुरू करने की घोषणा की है हरियाणा दिवस पर पानीपत में आयोजित जन विश्वास धनयबाद रैली को सम्बोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरे के अंदर जितने मकान है उनकी भी रजिस्ट्रियांकराई जा सकेगी ग्रामीण विधानसभा के विधायक महीपाल ढांढा दवारा आयोजित रैली में कृषि मंत्रीओम प्रकाश धनखड़ परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार और समालखां से विधायक भी मौजूद रहे म्ख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो य्वक आर्टस से स्नातक है सरकार उन्हें भी सौ दिन का रोज़गार उपलब्ध करायेगी उन्हें सक्ष्म शिक्षित य्वा सम्मानित योजना के तहत लगा जायेगा मुख्यमंत्री ने अन्य कई घोषणायें भी की जिनमें पूर्व मेयर डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर को पेंशन देना लाइनमैन सीबरमैन और फायरमैन को दस लाख रूपये तक का बीमा मुहैया कराना शामिल है

उन्होंने पानीपत की तीन विधानसभाओं क्षेत्रों के लिए लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपये की घोषणयें भी की म्ख्यमंत्री ने कहा कि अब बच्चों के प्रशिक्षु लाइसेंस भी स्कूल के प्रिसीपल दवारा बनाये जायेंगे और नियमित लाइसेंस भी प्रिसींपल के ही जिम्मे होगा हरियाणा दिवास के अवसर पर आज पलवल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ प्लिस व आटो यूनियन के सहयोग से सफाई चलाया गया रेलवे प्लिस बल के प्लिस प्रभारी नरवीर रावत ने बताया कि अभियान के तहत यात्रियों को रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक किया गया रेलवे स्टेशन पर मौजूदा यात्रियों व स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री दवारा श्रू किये गये स्वच्छता अभियान की प्रंशसा की और सफाई अभियान में भाग लेने का संकल्प लिया

प्लिस भी हर जगह नज़र रख रही है सार्वजनिक स्थानों और पार्को आदि में स्रक्षा प्रहरियों को तैनात किया गया है

हरियाणा क उदयोग मंत्री श्री विप्ल गोयल ने आज पंचक्ला में हरियाणा खादी व ग्रामोदयोग बोर्ड के पहले खादी बोर्ड बिक्री केन्द्र का उदघाटन किया इस मौके पर गोयल के सथ सांसद रतन लाल कटारिया विधायक ज्ञान चंद गुप्ता व हरियाणा खादी बोर्ड के अध्यक्ष भी मौजूद थे इस बिक्री केन्द्र में खादी बोर्ड दवारा तैयार विभिन्न उत्पादों को रखा गया है इस मौके पर अपने सम्बोधन में उद्योगमंत्री ने कहा कि ऐसे बिक्री केन्द्र अब सभी जिलों व हरियाणा के बाहर भी खोले जायेंगे उन्होंने कहा कि ऑन लाइन भी लोग खादी उत्पादों को खरीद सकते है जिसकी श्रूआत आज से हो गई है श्री विपुल गोयल ने कहा कि महात्मा गांधी ने खादी को अपनाकर बढावा देने का काम किया था उन्ही की सोच को आगे बढाते हए हरियाणा सरकार खादी एवं स्वच्छता को बढावा देने की दिशा में विशेष कदम उठा रही है

अब तक किसी भी सरकार ने खादी को बढावा देने के लिए इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जोकि मौजूदा सरकारने उठाये है उन्होंने हरियाणा खादी बोर्ड की अध्यक्ष गार्गी कक्कड की मांग पर खादी के उत्पादन को बढावा देने के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था करने भरोसा दिलाया और कहा कि इस दिशा में धन की कोई कमी नही रहने दी जाएगी और हरियाणा के खादी उत्पाद की देश भर में पहचान कायम करने के की और सार्थक प्रयास किए जाएगें रोडवेज़ की हड़ताल श्री विप्ल गोयल ने कहा कि सरकार परिवहन मंत्री से निरंतर रोडवेज़ कर्मचारियों की बात चल रही है और कोई न कोई हल निकल जायेगा

यदि सभी उपभोक्ता बकाया बिल का भ्गतान कर देते है तो प्रदेश में मार्च महीने से चौबीस घंटे बिजली दी जायेगी साथ ही सरकार द्वारा प्रदेश में सबसे सस्ती दरों पर डीज़ल व पेट्रोल उपलब्ध कराये जा रहे है आज कैथल में प्रदेश सरकार के चार वर्ष प्रे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जन विश्वास रैली को सम्बोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में वृदवि करते हुए आज से दो हजार रूपये कर दिया है उन्होंने कहा कि सरकार नंबरदारों को पूरा मान सम्मान दे रही है

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों का पांच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य बीमा स्विधा दी गई है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल दवारा सबका साथ सबका विकास तथा हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ सभी क्षेत्रों का समान विकास करवाया जा रहा है इस मौकेपर श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा िक सरकार तय किया है कि चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश की जनता के सामने जन विश्वास रैलियों के माध्यम में चार साल का हिसाब पहुंचाया जाये वर्तमान सरकार ने शपथ लेते समय जो संकल्प लिया था कि प्रदेश में क्षेत्रवाद व इलाकाबाद के भेदभाव को दूर किया जायेगा

मेरिट के आधार पर य्वाओं को रोज़गार दिया जा रहा है जिससे गरीबों के योग्य बच्चों को भी रोज़गार मिल रहा है

यमुनानगर जिले के कलेसर स्थित नैशनल पार्क को आज पर्यटकों के लिये खोल दिया गया मानसून सीज़न के रास्ते आदि बंद होने के कारण वन्य प्राणी विभाग ने इसे सैलानियों के लिये बंद कर दिया था विभाग के जिला निरीक्षक राजेश कुमार चहल ने बताया कि सैलानियों के भ्रमण के लिये तीन गाड़ियां की व्यवस्था की गई है क्योंकि अंदर जंगल में निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक है

विवेकानंद जाग़ति मंच टोहाना के तत्वावधान में आज फतेहाबाद में हरियाणा दिवस के उपलक्ष में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिभाओं को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं टोहाना के विधायक स्भाष बराला ने सम्मानित किया